जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन परम्परागत और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्वार बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्वर्स का रियुज जलग्रहण क्षेत्र विकास सधन वक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किये जायेंगे उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना का निर्माण जिसे जिला सिंचाई योजना के साथ समन्वित किया जायेगा इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने बताया कि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है उन्होंने बताया कि देष में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्यता घटती जा रही है इसलिए समय रहते इसे जन चेतना का विषय बनाया जाना चाहिए

प्रदेष के सभी उप खंडों में आज से जल शक्ति अभियान शुरू हो गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जन प्रतिनिधियों स्वंयसेवी संगठनों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के सभी खण्डों में जल शक्ति अभियान चलाया जायेगा उन्होंने बताया कि जल उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त फसल के चयन को प्रोत्साहित किया जायेगा

सभी स्कूलों में कल सामुदायिक बालसभाए आयोजित की जायेगी इन बालसभाओं में सर्वधर्म प्रार्थनासभाए भी आयोजित की जाएगी

श्री डोटासरा ने जनप्रतिनिधियों से इन बालसभाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि बालसभाओं का उद्देश्य शिक्षक अभिभावक के मध्य दूरी मिटाने के साथ ही जनता की शिक्षा में सीधे भागीदारी सुनिश्चित करना है उन्होंने बताया कि बालसभाओं में बोर्ड परीक्षा के मेधावी बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के साथ ही राजीव गाँधी कैरियर पोर्टल के जरिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस भी दी जाएगी

जिले में मोहनगढ और आसपास के क्षेत्रों तथा फतेहगढ तहसील के अडवाला और नगराजा गांव में कल टिड़डी दल देखा गया इसके बाद टिड़डी नियंत्रण दल के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और आज रसायनिक दवाओं का छिडकाव भी किया गया जिले के लाठी क्षेत्र में भादरिया गांव में फील्ड फायरिंग रेंज के किनारे भी बड़ी संख्या में टिड्डी दल देखे गये थे टिड्डी प्रतिरक्षा और नियंत्रण विभाग तथा कृषि विभाग के संयुक्त अभियान में टिड़डी दल पर नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक का छिडकाव किया गया और इन पर काबू पाने के लिए चूरू और बीकानेर में भी टिड़डी नियंत्रण दल ब्लाए गए

राजस्व मंडल की निबंधक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि इन अधिकारियों को अगले दो साल के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देनी होगी इन अधिकारियों को टोंक और अजमेर में प्रशिक्षण दिया जाएगा

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर कहा कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है इस मौके पर नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल को राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप दिया जाना चाहिए

एक टवीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान लोगों की आदतों में परिवर्तन लाने में सफल हुआ है डिजीटल इंडिया की चौथी वर्षगांठ पर आज जयपुर में वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एनआईसी अधिकारियों से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में डिजीटल इंडिया की उपलब्धियों पर चर्चा की गई इस अवसर पर सूचना और प्रौद्योगिकी आयुक्त अंबरीश क्मार ने कहा कि डिजीटल इंडिया की अवधारणा तभी पूरी मानी जा सकती है जब सभी काम पूरी तरह से पेपरलैस हो जाए इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी

इसे पहली अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है

कर ब्याज जुर्माना शुल्क और अन्य मदों के लिए अब एक ही नकद लेजर होगा

श्री जावडेकर ने बताया कि क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के माध्यम से भी त्वरित और विश्वसनीय समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं

डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए चिकित्सकों के योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित लगभग सभी जिलों में डॉक्टर्स डे पर कई कार्यक्रम हुए

इस बीच झुंझुनू पिलानी और चूरू में बारिश की खंबर है उधर प्रतापगढ में हाल की अच्छी बारिश के बाद किसान खेतों में बुवाईर्घ में जुट गए हैं